गंगा सोन पुनपुन कोसी गंडक और घाघरा नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी

सूजन घोटाला मामले में आयकर विभाग की टीम ने पटना भागलपुर और पूर्णिया में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की विभाग ने सामाजिक कार्यकर्ता रेखा मोदी सहित दस लोगों के तेईस ठिकाने पर छापेमारी की आयकर विभाग ने भागलपुर में सत्रह पटना में तीन कटिहार में एक और पूर्णिया में दो ठिकानों पर छापेमारी की रेखा मोदी पर आरोप है कि उन्होंने सुजन सहकारी महिला विकास समिति के संचालकों के जरिये आभूषणों की खरीद की थी राज्य के सभी थाने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़ेगे इसके साथ ही बिहार पुलिस के अधिकारियों के कार्यालयों को भी इस सिस्टम से जोड़ा जायेगा इस संबंध में बिहार पुलिस और टाटा कंसलटेनसी सर्विसेज के बीच समझौता हुआ है इस सुविधा से आम जनता ऑनलाईन शिकायत दर्ज करा सकेगी इसके जरिए चरित्र सत्यापन आवश्यक प्रलिस अनुमति खोये समानों की सूचना सहित कई जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध होगी इस नेटवर्क से जुड़े देश के सभी थानों से पुलिस सीधे तौर पर जुड़ जायेगी महिलाओं के बीच बढ़ते अपराधों से निपटने और शाारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की अड़तीस लाख छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अलग से राशि स्वीकृत की गयी है तीन महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में छात्राओं को मार्शल आर्ट्स और किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली साठ हजार तीन सौ बयालीस छात्राओं और प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाली सत्रह लाख अस्सी हजार नौ सौ बयासी छात्राओं को आत्म रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तेरह सितम्बर को बक्सर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्यौगिकी केन्द्र का शिलान्यास करेंगे युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए इसके निर्माण पर दस करोड़ तिरानवें लाख रूपये खर्च होंगे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों को दुर्गा पूजा के पहले पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है पटना में सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में श्री मोदी ने सभी पेंशनधारियों के खातों को आधार से जोड़ने का भी निर्देश दिया केंद्र सरकार ने भागलपुर जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर चार लेन पुल के निर्माण पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने भागलपुर नवगछिया के बीच पन्द्रह किलोमीटर लम्बी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के साथ ही भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर चार लेन पुल के निर्माण पर अपनी सैद्वांतिक सहमति प्रदान कर दी है उन्होंने बताया कि इसके निर्माण कार्य पर एक हजार सात सौ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सभी पंचायत से पांच बेरोजगार युवकों का चयन किया जायेगा इनमें दो अतिपिछड़ा और तीन अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में चार सौ इक्कीस करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है युवकों के चयन के लिए प्रखंड स्तर पर कमिटी बनायी जायेगी इनमें प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक शामिल होंगे योजना के तहत लाभुकों को वाहनों की कीमत का पचास प्रतिशत और अधिकतम एक लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान एक सौ इक्यानवें शिक्षकों पर कार्रवाई की गयी है इनमें अनुपस्थित पाये गये साठ शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोका गया है जबकि एक सौ इक्कतीस प्रारंभिक शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने उनतीस अगस्त को विद्यालयों में औचक निरीक्षण करवाया था जिलों से आयी रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र दो हजार चौदह सोलह दो हजार पन्द्रह सत्रह और दो हजार सोलह अठारह के प्रशिक्षुओं के लिए डिप्लोमा इन इलमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की परीक्षा फार्म भरने की तिथि घोषित कर दी है परीक्षा फार्म दस सितम्बर से ऑनलाईन भरा जायेगा बिना विलंब शुल्क के साथ फार्म भरने की तिथि सत्रह सितम्बर तक निर्धारित है वहीं समिति की आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य मे सेंट्प परीक्षा के पहले ही मैट्रिक और इंटर परीक्षा का फार्म ऑनलाईन भराने की व्यवस्था की जायेगी इसके बाद सेंट्प में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं की सूची सबंधित कॉलजों से ली जायेगी समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बिहार बोर्ड में अब नौवीं कक्षा में ही रजिस्ट्रेशन किया जायेगा गंगा सोन पुनपुन कोसी गंडक और घाघरा नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है गंगा पटना में खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर ऊपर बह रही है वैशाली के राघोपुर और महनार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है पटना में जिला प्रशासन की बैठक में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है इन क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गयी है इधर बेगूसराय सम्हो प्रखंड में बाढ़ का पानी मुख्य सड़कों पर बहने लगा है गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से पूरे प्रखंड में हजारों एकड़ में लगी फसल ड्रब गयी है गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट पर और वैशाली जिले के हाजीपुर में तेजी से व्रद्धि दर्ज की गयी है वहीं कोसी नदी कटिहार जिले के कुर्सला में लाल निशान के ऊपर बह रही है पटना में खेली जा रही राष्ट्रीय पूर्वी क्षेत्र सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में पूल एक के लीग मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने छत्तीसगढ़ को छह एक से पराजित कर दिया बिहार फुटबॉल संघ के तत्वावधान में चल रही इस चैम्पियनशिप में पश्चिम बंगाल से हारने के बाद छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता से बाहर होने वाली पहली टीम बन गयी छत्तीसगढ़ अपने दोनों लीग मैच गंवा चुकी है इस प्रतियोगिता में आज बिहार का मुकाबला स्पोर्ट्स ऑथरिटी आफ इंडिया साई से होगा वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा बिहार टीम से जुड़ गये हैं प्रज्ञान ओझा रणजी सहित बीसीसीआई के अन्य घरेलु टूर्नामेंट में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार की टेनिस खिलाड़ी प्रशंसा श्रीवास्तव ने पंजाब में आयोजित ऑल इंडिया अंडर सिक्सटीन टेनिस टूर्नामेंट में उपविजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने एक सौ संतावन साल बाद धारा तीन सौ सतहत्तर को आंशिक रूप से निरस्त करने की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है समलैंगिकता अब अपराध नहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है भारत बंद का प्रदेश में व्यापक असर पटना में भाजपा और जदयू कार्यालय पर प्रदर्शन एक अन्य खबर पर अखबार लिखता है पेट्रोल डीजल के महंगाई के विरोध में दस को भारत बंद दैनिक भास्कर लिखता है सृजन घोटाले में आयकर विभाग का पटना भागलपुर और पूर्णिया में एक साथ कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता रेखा मोदी सहित दस लोगों के अठारह ठिकाने पर आयकर छापे प्रभात खबर की सुर्खी है नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन को लेकर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा सरकार का पक्ष कहा समान काम के लिए समान वेतन देना नहीं है संभव

गंगा सोन पुनपुन कोसी गंडक और घाघरा नदियों के जलस्तर में वृद्वि जारी